प्रसिद्ध खाटूश्यामजी का लक्खी मेला कोविड गाइड लाइन की पालना के साथ होगा आयोजित

प्रदेश में मौसम में बदलाव के बाद कई स्थानों पर हल्की बारिश कुछ जगह ओलावृष्टि के समाचार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

पन्द्रह जिलों बांसवाड़ा बारां बीकानेर ब्रंदी च्रू दौसा धौलपुर हनुमानगढ़ जैसलमेर जालौर झुंझुनूं करौली प्रतापगढ़ सवाई माधोपुर और टोंक में कोई भी नया मामला नहीं मिला

इस दस्तावेज के बिना मेले उत्सवों और कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा एसओपी में बताया गया है कि हाई रिस्क व्यक्तियों को धार्मिक मेलों उत्सवों और कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए प्रदेश में किसी मेले के लिए जाने से पहले श्रद्दालुओं को संबंधित जिला प्रशासन से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और कोविड गाइड लाइन की पालना करनी होगी इधर कुंभ मेले में शामिल होने वाले श्रद्दालुओं के लिए भी केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार ने एसओपी जारी की है

प्रशासन और खाट्र समिति की बैठक में इसके लिए अनुमति मिल गई है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

हालांकि पहले दिन का सबसे ज्यादा लक्ष्य बूंदी जिले में हासिल किया गया

अब इन अभ्यर्थियों को विभाग आवंटित कर जल्द ही नियुक्ति दी जाएगी

अलवर शहर में कई स्थानों और जयपुर में एक दो स्थानों पर ओले गिरे अलवर में देर शाम ओले गिरने के साथ तेज बारिश भी हुई जिले के हरसोली बानसूर अलावड़ा और रामगढ़ इलाकों में बरसात हुई है जिले में आज सुबह भी कई स्थानों पर हल्की बारिश का दौर जारी रहा हमारे संवाददाता ने कृषि वैज्ञानिक के हवाले से बताया कि ये बारिश गेहं चने और सरसों की पछेती फसल के लिए फायदेमंद होगी